रिश्वा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में एक एक लाख रुपये और लैपटॉप देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया और लॉकडाउन के बावजूद भी समय पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में चौहत्तर दशमलव छह तीन प्रतिशत छात्रों ने सफलता पाई है जबकि दसवीं कक्षा की परीक्षा में तिरासी दशमलव तीन एक प्रतिशत छात्र सफल घोषित किए गये हैं

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस साल के नतीजों को पिछली बार से बेहतर बताया है दोनों ही परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से कहीं ज्यादा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्वाओं के बल पर पूरी दढ़ता से कोविड नाइन्टीन से लड रहा है श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन के नबेवे जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रॅस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस साल की श्रूआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहत ही भयंकर होगा लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्र्यानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक साक्यान रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहत आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ रही है और यह न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हई है उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लुकोकार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी दिया जा सकता है जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है उन्हें तीन से पांच दिन के लिए ग्लुकोकार्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्मवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है केन्द्र सरकार ने उस फर्जी खबर का खण्डन किया है जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल की पीजी सीटों के आवंटन और उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित पत्र जारी किया है पत्र सुचना कार्योलय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि ऐसा कोई भी पत्र किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को नहीं भेजा गया है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सकों की सलाह प्रसारित करते हैं आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रियन्टोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ उमा क्मार ने लोगों से सुरक्षित दरी बनाये रखने बार बार हाथ धोने और खांसी अथवा छींक आने पर नाक को ढकने की सलाह दी है भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड नाइन्टीन की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है क्योंकि यहां इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी रविवार को आकाशवाणी से सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दरदर्शन के समचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज ऑन ए आई आर डाट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा